उन्होंने प्रवेश मार्गों पर चौकसी रखने निगरानी बढ़ाने तथा प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को तैयार रखने पर जोर दिया श्री गॉबा ने राज्यों से कहा कि वे कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों को पृथक रखने की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था करें

ऐसे लक्षण वार्ले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाना भी आवश्यक है संदिग्ध व्यक्ति द्वारा जांच और उपचार में सहयोग नही करना दंडनीय अपराध है स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों से अपील की है कि वे हवाई अड्डों पर स्वघोषित प्रपत्र भरते समय अपनी यात्रा की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दें और यह बताएं कि वह किन किन स्थानों की यात्रा कर चुके है

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अब एसएमएस अस्पताल में ही कोरोना पॉजिटिव के बारे में कनफर्म रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी

लोग घर घर जाकर अपने भित्रों और रिश्तेदारों को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे है भरतपुर में सब तरफ होली की धमाल मची है ढोलक और चंग की थाप पर लोग जमकर नाच रहे है बीकानेर में भी होली का उल्लास छाया हुआ है युवाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है जालौर जिले में रंगों की होली खेलने के अलावा घूडदौड और अखाड़ों का आयोजन भी किया जा रहा है चूरू में शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य गींदड का आयोजन किया गया सवाईमाधोपुर में कोरानावायरस के प्रति सावधानी तथा बूंदा बांदी तथा सर्द हवाओं के कारण होली के उत्साह में कमी देखी जा रही है करौली में भी हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए राजधानी जयपुर में प्रलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है प्रेलिस द्वारा इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि कही कोई हडदंग न हो शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है इससे पहले कल प्रदेशभर में होली पूजन और होलिका दहन किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर होली पूजन किया तथा प्रदेशवासियों की ख्शहाली और समृद्धि की कामना की

इस बार सरकार ने खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में परिवर्तन किया है इससे जो किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचेंगे उनको स्वयं ई मित्र केंद्र पर पंजीयन करवाना होगा सरकार ने फिंगर प्रिंट से रजिस्ट्रेशन करवाने की अनिवार्यता लागू कर दी है इस बार हनुमानगढ़ जिले में राजफैड सहकारिता विभाग के माध्यम से खरीद करेगी सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार चार दिन में संबंधित किसान के बैंक खाते में राशि जमा करवाने की तैयारी की गयी है ताकि उनको कोई परेशानी न हो